कल अम्बाला के वाय्सेना स्टेशन पर रफाल लड़ाक् विमानों को वाय्सेना में शामिल किया जायेगा कार्यक्रम में फ्रांस की रक्षा मंत्री फलोरेंस पार्ले भी शामिल होगी

इन निर्देशों के तहत छात्रो को कापी पैन पैंसिल और पानी की बोतलों के आदान प्रदान की इजाजत नहीं होगी सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा साथ ही कोविड के लक्ष्णों वाले व्यक्तियों के स्कूल में प्रवेश की अनुमति भी नहीं होगी इनमें कहा गया है कि छात्र क माता पिता या अभिभावकों की लिखित मंजूरी जरूरी होगी और इसके लिए शिक्षक और छात्रों की बीच समय समय पर संवाद करवाया जायेगा इसी तरह स्टाफ रूम और कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर शारीरिक द्री के नियम की पालना की जायेगी दिशा निर्देशों में बड़ी आय् के कर्मचारियों गर्भवती कर्मचारियों और अन्य स्वास्थ्य सम्बधी समस्याओं से पीडिय़ कर्मचारियों को ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की डिजीटल माध्यम से श्रूआत करेंगे वे पश् नस्ल सुधार के लिए ई गोपाल एप्प भी लांच करेंगे और किसानों के सीधे उपयोग के लिए एक सूचना पोर्टल का आगाज़ भी करेंगे

फ्रांस से आये रफाल लड़ाकू विमानों को कल वाय् सेना स्टेशन अम्बाला पर विधिवत प्रगंग से वायु सेना में शामिल किया जायेगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री फलोरेंस पार्ले इस कार्यक्रम के म्ख्य अतिथि होंगे

समारोह के बाद फ्रांस की रक्षा मंत्री फलोरेंस पार्ले अपने समकक्ष राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगी फ्रांस और भारत के प्रतिनिधि मंडलों की बैठक भी होगी जिसमें रक्षा सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में सम्द्री स्रक्षा और आंतकवाद के विरूदध सहयोग पर चर्चा होगी

हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य आजाद सिंह ने आज करनाल में कहा कि राज्य में सफाई कर्मचरियों को जीपीएस आधारित एक विशेष प्रकार की घड़ी दी जाएगी जिससे कर्मचारियों की लोकेशन मिलती रहेगी उन्होंने कहा कि इससे सफाई कर्मचारी की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी इसके अलावा उसको बेगार से भी मुक्ति मिलेगी यह योजना अभी पंचकुला में लागू की जा रही हैं उसके बाद इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहली बार सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए राज्य स्तर पर कल्याण कोष बनाया जा रहा हैं वह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल ने किसानों से कोरोना के इस संकट काल में कल होने वाली रैली को वापिस लेने की अपील की है आज चंडीगढ़ में जारी बयान में उन्होंने स्पष्ट किया है कि हरियाणा सरकार राज्य के सभी किसानों की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवाने तथा प्रदेश में सरकारी मंडियों का और विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेशों के आने से किसी भी स्थिति में सरकारी मंडियां बंद नहीं होंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा उन्होंने स्पष्ट किया कि इन अध्यादेशों में किसानों को यह सुविधा दी गई है कि सरकारी मंडियों के बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई प्राइवेट एजेंसी फसल की खरीद करना चाहती है तो किसान अपनी फसल अधिक दाम पर बेच सकता है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल दवारा पहले ही मंडियों के बाहर खरीद फरोख्त होने से मंडियों का व्यापार कम न होने को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने निर्देश दिए जा चुके हैं कि

उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री ग्रनाम चढ़नी की उच्च अधिकारियों के साथ कल देर रात तक बैठक हुई है और उन्हें सब स्पष्ट किया गया है

श्री दलाल ने कहा कि चाहे मुआवजा देने की बात हो या नई मंडिया विकसित करने की बात हो हरियाणा सरकार ने निरंतर किसान हित में निर्णय लिए हैं

उन्हें चंडीगढ़ में ही एकांतवास में रखा गया है क्छ दिन पहले पोजिटिव पाया गया उनका बेटा स्वस्थ हो गया है

फरीदाबाद उदयोग संगठन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर औद्योगिकी क्षेत्रों में रैपिड जांच सम्बधी आदेशों पर प्नविचार करने का आग्रह किया है